पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने की अनुमति दी है

पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना के तहत ये फैसला किया है इससे पहले कल भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला भारत के रूख की पूरी तरह से पूष्टि करता है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

कल विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर हई बहस का जवाब देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इन भर्तियों के बाद प्रदेश के किसी भी हिस्से में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टवीट किया कि हमे ऐसी फिल्मो से प्रेरणा लेनी चाहिये इससे पहले कल विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फिल्म भारतीय गणितज्ञ और शिक्षाविद् आनन्द कुमार पर आधारित है जो गरीब पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं इससे गरीब छात्रों को देश के अग्रणी संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलता है

विधानसभा में पूरक प्रष्नों को लेकर दी गई नयी व्यवस्था के विरोध में कल भाजपा सदस्यों ने प्रष्नकाल का बहिष्कार किया प्रष्नकाल में वे ही भाजपा सदस्य उपस्थित रहे जिनके तारांकित प्रष्न लगे थे

दूसरी ओर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संवाददाताओं से कहा कि व्यवस्था देना आसन का अधिकार है

इनमें एक महिला भी शामिल है एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने जयपुर में बताया कि पिछले दिनों एसओजी में चिकित्सकों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग संगठित गिरोह बनाकर चिकित्सकों के साथ ऋण दिलवाने के नाम पर ठगी कर रहे है इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया

पुलिस आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पुछताछ कर रही है राज्य में नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है

अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी

उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है राज्य के सभी सहकारी दवा उपभोक्ता भण्डारों पर पेंशनर्स को अब सभी प्रकार की आवश्यक दवाइयां उपलब्ध होंगी सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन ने कल इस संबंध में निर्देश जारी किये उन्होंने बताया कि कल से सभी दवा भण्डारों पर पेंशनर्स को दवाइयां मिलना शुरू हो जायेगी राज्य में कई जगह अच्छी वर्षा हुई है